पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद पटना के दीघा में गंगा नदी के किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना लाया गया एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कई गणमान्य लोगों ने दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की विधानसभा परिसर में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विभिन्न दलों के विधायकों तथा सदन के पूर्व सदस्यों ने श्रद्धासुमन अर्पित किये इस समय उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यालय में रखा गया है जहां बड़ी संख्या में लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिये पहुंच रहे हैं कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वांजलि दी मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव में कहा कि रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक प्रमुख नेता एक विशिष्ट सांसद और एक समर्थ प्रशासक खो दिया है निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चूनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों और मान्यता प्राप्त राज्य की पार्टियों के आकाशवाणी और द्रदर्शन पर प्रसारण के लिए निर्धारित समय को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है यह सुविधा प्रदेश में आकाशवाणी और द्रदर्शन के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी राज्य के भीतर सभी केन्द्र इसे रिले करेंगे प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की प्रत्येक मान्यता प्राप्त पार्टी को नब्बे मिनट का बुनियादी प्रसारण समय दिया जायेगा किसी पार्टी को आवंटित किया जाने वाला अतिरिक्त समय राज्य में दो हजार पंद्रह में हुए विधानसभा चूनाव में उनके चूनावी प्रदर्शन के आधार पर तय किया गया है पार्टी को प्रसारण के लिए एक सत्र में तीस मिनट से अधिक समय आवंटित नहीं किया जायेगा जिसमें भाजपा को चार सौ सत्ताईस जदयू को तीन सौ तेईस राजद को तीन सौ तैंतालीस कांग्रेस को एक सौ बयासी लोजपा को एक सौ संतावन रालोसपा को एक सौ पच्चीस मिनट का समय मिलेगा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनावी प्रसारण नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख से लेकर मतदान की आखिरी तारीख से दो दिन पहले तक किया जा सकेगा पार्टियों को प्रसारण की रिकॉर्डिंग और उसकी लिखित ट्रांसक्रिप्ट प्रसारण से पहले देनी होगी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिये तेरह सौ संतावन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं नामांकन पत्रों की जांच अभी जारी है कल नामांकन पत्रों की जांच के बाद कई प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हुये इनमें गोह से आठ प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये जबकि सत्रह को जांच के बाद सही पाया गया वहीं ओबरा से तीन रद्द और दस सही नवीनगर से चार रद्द और चौदह सही कुटुम्बा से पांच रद्द और चौदह सही औरंगाबाद से आठ रद्द और नौ सही जबकि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से सात नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया जबकि पंद्रह को स्वीकृति दे दी गई है वहीं पटना जिले के मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के छह प्रत्याशियों का नामांकन पत्र जांच के बाद रद्द कर दिया गया है जिससे अब चुनावी मैदान में तेरह उम्मीदवार हैं इधर मोकामा विधानसभा में नौ बाढ़ में अठारह विक्रम में पंद्रह और पालीगंज में अट्ठाईस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाये गये हैं इस चरण में बारह अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के नये दिशा निर्देशों के अनुरूप राजनीतिक दलों ने चुनाव रैलियों की तैयारियां शुरू कर दी है कोविड रोकथाम के दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभाएं की जा सकती हैं गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने पंद्रह अक्टूबर से सौ से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने की अनूमति दे दी है लेकिन कोविड से संबंधित एहतियात का पालन करना होगा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंद्रह अक्टूबर से पहले भी सभाएं करने की अनुमति दे दी है वहीं बंद स्थानों पर भी अधिकतम दो सौ लोगों को चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति होगी इधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव अभियान की तैयारियों को लेकर कल पटना पहुंच रहे हैं पहले चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं सभी राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की सूची जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी है आयोग के अनुसार पहले यह सूची सात दिनों के अंदर जमा करनी थी जिसे बढ़ाकर अब दस दिन कर दिया गया है इसके साथ ही प्रचार शुरू करने के अड़तालीस घंटे पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में शामिल होने के लिये किसी भी राजनीतिक दल को अपना निबंधन कराने के लिये सात दिन पहले आवेदन देना होगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये यह व्यवस्था की गई है आयोग के अनुसार राज्य की तीन राजनीतिक पार्टियां जदयू को तीर जदयू सेक्यूलर को सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब चुनाव चिन्ह दिया गया है विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये निर्वाचन आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि आरटी पीसीआर जांच संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है प्रधान सचिव ने कहा कि जांच किट और अन्य समस्याओं का समाधान भी कर दिया गया है बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा एक सौ सात के तहत राज्य के लगभग पौने दो लाख लोगों से बाँड भरवाया गया है वहीं विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान लगभग सवा छह करोड़ रूपये जब्त किये गये हैं पूर्णिया में एक वाहन से जांच के दौरान चालीस लाख रूपये बरामद किये गये जबकि आरा में बीस लाख सुपौल में साढ़े आठ लाख और सिवान में चार लाख रूपये जब्त किये गये हैं निर्वाचन आयोग के अनुसार लगभग आठ लाख लीटर शराब और तैंतीस लाख से अधिक नेपाली करेंसी भी जब्त की गयी है और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

मैं हूं मालिनी अवस्थी त्यौहार आने वाले है हम सबके घर परिवार समाज देश की रौनकें आने वाली है इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आइये कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखे

प्रदेश में अब तक एक लाख इक्यासी हजार सात सौ इक्यासी कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव सात नौ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार चार सौ चौबीस रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी वहीं पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड उन्नीस के ग्यारह सौ पचपन नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब तक पॉजिटिव हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख चौरानवे हजार हो गई है इसी अवधि में पांच मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ चौंतीस हो गयी है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्गाप्रजा के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूजा संबंधी किसी भी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन न हो निर्देश में कहा गया है इस बार नवरात्र में कहीं भी पंडाल और मंदिर से बाहर प्रतिमा स्थापित नहीं होगी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली मेला खाद्य पदार्थ के स्टॉल सामुदायिक भोज प्रसाद वितरण और सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे रावण दहन गरबा डांडिया रामलीला जैसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर नहीं किये जा सकेंगे मेले का आयोजन भी नहीं होगा वहीं विसर्जन जुलूस की अनुमति भी नहीं दी गयी है पूजा आयोजकों को कोविड के संक्रमण को देखते हुए सेनिटाइजर की व्यवस्था और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बताए गये तीन उपाय आने वाले त्यौहारी और बदलते मौसम में काफी महत्वपूर्ण हैं

चाहे साबुन से धोएं चाहे हेंड सेनिटाइजर से

पटना उच्च न्यायालय में स्टूडियो न्यायालय की शुरूआत की गई है देश में अपने तरह की यह पहली व्यवस्था होगी इसमें एक कमरे में न्यायाधीशों और दूसरे में वकीलों के बैठने की व्यवस्था की गई है मामलों की सुनवाई के दौरान वीडियो सिस्टम से वकील अपना पक्ष न्यायाधीशों के समक्ष रखेंगे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि जो अधिवक्ता अपने घर के स्थान पर न्यायालय में आकर मामले की सुनवाई करना चाहते थे उनके लिये यह व्यवस्था की गई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रामविलास का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा दैनिक जागरण ने लिखा है राजद ने दूसरे चरण में चार विधायकों को किया बेटिकट दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है बिहार में दस दशमलव छह प्रतिशत सब्जियों में किडनी और हार्ट की बीमारियां देने वाले लेड कैडमियम की घातक मात्रा प्रभात खबर ने आरबीआई की ओर से आरटीजीएस की सुविधा चौबीस घंटे देने पर शीर्षक दिया है दिसंबर से चौबीस घंटे सात दिन आरटीजीएस की सुविधा आज अखबार की बड़ी सुर्खी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिये तीन सौ टास्क चिन्हित